राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है भूमि की उर्वरकता को समाप्त शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के मुद्दे पर शिक्षा सचिव हाईकोर्ट तलब माता व शिशु को उत्कृष्ट स्वास्थ्य उपचार सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल होने और स्वच्छ भारत का निर्माण करने का आहवान किया है ट्वीट और विडियो संदेशों में श्री मोदी ने कहा है कि शनिवार से आरम्भ हो रहा यह अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने का शानदार तरीका है जन जन में है बल जन जन में है बल स्वच्छ हो रहा हमारा वतन अब आया है संकल्प का पल अब आया है संकल्प का पल जीतकर रहेंगे खच्छता का जंग इस भाव के साथ स्वच्छता ही सेवा के इस आंदोलन के माध्यम से एक स्वच्छ भारत को पृज्य बाप के चरणों में समर्पित करें ताकि स्वच्छ स्वस्थ और समुद्ध भारत ये जो उनका सपना था इसको पूर्ण करने में हम सब कामयाब हों

श्री मोदी ने कहा कि वे इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए परिश्रम करने वालों से मुलाकात का बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं मैं सभी देशवासियों का आहवान करता द्वं हर कोई अभी से योजना बनाए कहां सफाई करेंगे उसके लिए औरों को कैसे जोड़ेंगे मोटिवेट कैसे करेंगे सफाई के इतने बड़े अभियान के लिए साधनों को कैसे लाएंगे

पहले कुछ देर वीडियो कांफ्रेंस और दूरदर्शन के माध्यम से उन सब लोगों की बातें सुनेंगे जिन्होंने स्वच्छता की दिशा में कुछ न कुछ कर के दिखाया है और उसके बाद हम सब स्वच्छता ही सेवा के अभियान में स्वयं जुड़ जाएंगे

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि रासायनिक और जैविक कृषि का बेहतर विकल्प तो है ही साथ ही ये प्रणाली सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जीने में सहायक व पर्यावरण मित्र भी है

राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि कई अन्य मायनों में भी सुरक्षित है उन्होंने कहा रासायनिक और जैविक खेती का पुराना चलन मौजूदा समय में उचित नहीं है ये दोनों ही विधियां खर्चीली और पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालने वाली है उन्होंने इस मौके पर युवाओं से दुर्व्यसनों से भी दूर रहने का आहवान किया खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने भी शिविर को संबोधित किया बिकम सिंह उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवाय परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भेंट की उद्योग मंत्री ने सिरमौर जिले में पटटे पर दी गई खदानों के संदर्भ में खनन मालिकों को आ रही समस्याओं पर हस्तक्षेप करने का केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया उन्होंने कहा कि खनन पट्टाधारकों को केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नोटिस जारी कर उन्हें दी गई पर्यावरण स्वीकृति पर रोक लगा दी है बिकम सिंह ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृतियां रोकने की वजह से खनन गतिविधियां बंद होने के कगार पर पहुंच गई है जिससे बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार छिन्न गया है उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से मांग की कि वह इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर प्रभावित लोगों को राहत दिलाएं

घायलों में पांच की हालत गंभीर है जिन्हें उपचार के लिए सोलन लाया गया है एक घायल का उपचार आईजीएमसी शिमला में किया जा रहा है शेष घायलों का धर्मपुर में ही ईलाज किया जा रहा है घटना की सुचना मिलते ही एसपीसोलन मध् सुदन शर्मा राहत व बचाव दल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया इस दुर्घटना के कारण धर्मपुर कसौली मार्ग पर कई घंटे यातायात बाधित रहा इस बीच सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने आज क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में जाकर बस दुर्घटना में घायल लोगों का कुशलक्षेम पूछा उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों को यथासंभव उपचार उपलब्ध करवाने को भी कहा सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित बनाया जा रहा है सहजल आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर और परवाणु में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस कनैक्शन वितरित करने के मौके पर बोल रहे थे

हाईकोर्ट प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के शिक्षा सचिव को शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को सूचित करने और इस मामले पर अगली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं अदालत ने शिक्षा सचिव को इस मामले में एमीकस क्यू द्वारा उठाए गए मुद्दों पर व्यक्तिगत हल्फनामा अदालत में दाखिल करने को भी कहा है हाईकोर्ट में इस मामले पर आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई अदालत ने इस मामले में मंडी ज़िला के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल डोघरी के छात्रों द्वारा दायर याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर बतौर जनहित याचिका सुनवाई करने का निर्णय लिया है छात्रों ने याचिका में स्कूल में उचित स्टाफ उपलब्ध न होने की बात कही है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसव उपरांत उत्कृष्ट स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ माता व शिशु को श्रेष्ठ पोषाहार सुनिश्चित बनाने के लिए कृत संकल्प है मुख्यमंत्री आज मंडी ज़िले के सिराज क्षेत्र के बगश्याड़ में पोषाहार सप्ताह के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं महिला मंडलों व पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने माता व शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ पोषाहार सुनिश्चित करने के लिए सरकार के महत्वकांक्षी कार्यक्रम पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी कर्मियों महिला मंडलों और पंचायतीराज प्रतिनिधियों को शपथ भी दिलाई उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों से सकिय सहयोग का आहवान किया मुख्यमंत्री ने बगश्याड़ में विभिन्न विकास योजनाओं की आधारशिलाएं भी रखीं उन्होंने पारंपरिक वाद्य यंत्र के निर्माण के लिए गिम्भर राम और गुरू शिष्य परंपरा योजना के तहत लकड़ी की नक्काशी के लिए सिराज के इंद्र सिंह को सम्मानित भी किया मुख्यमंत्री ने बाद में लम्बाथाच नलवाड़ मेले के समापन समारोह में भी हिस्सा लिया और इस मेले को ज़िला स्तरीय मेले का दर्जा देने की घोषणा की

इस योजना के तहत जहां पढ़े लिखे बेरोजगार युवा आत्म निर्भर बन रहे हैं वहीं वे अपनी उद्यम इकाईयां स्थापित कर अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं हिमाचल के कुल्लू जिला में अनेक युवा महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री रोजगार सुजन योजना से लाभान्वित हो चुके हैं